आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हए उन्होंने कहा कि देश की विशालता और विविधता देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हुनर हाट के अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश की विशालता संस्कृति परम्पराओं खान पान और भावनाओं की विविधता का दर्पण है इस हाट में प्रदर्शित पारम्परिक वस्त्र हस्तशिल्प कृतिया कालीन वर्तन बांस और पीतल के उत्पाद और संगीत वाद्य यंत्र समूचे भारत की कला तथा संस्कृति की अनोखी झलक प्रस्तृत करते हैं उन्होंने कहा कि इन शिल्पकारों की साधना लगन और अपने हनर से प्रेम की कहानियां बहत प्रेरणादायक हैं हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेन्टिंग्स बेचती थी लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया आज वो ना केवल आत्मनिर्मर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि हनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख हस्तशिल्पियों को रोजगार के अवसर मिले हैं श्री मोदी ने कहा कि लोगों को ऐसी प्रदर्शनियों को देखना चाहिए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 उन्होंने कहा कि हमारे देश में साहसपूर्ण खेलों के लिए असीमित अवसर हैं श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपनी रूचि के अनुसार किसी शारीरिक और साहसपूर्ण गतिविधि को चुनें प्रधानमंत्री ने मुरादाबाद के हमीरपुर गांव के सलमान के हौसले और इच्छाशक्ति का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि सलमान ने दिव्यांग होने के बावजुद कभी हार नहीं मानी और चप्पल तथा डिटर्जेट बनाने का काम शुरू किया अब सलमान के साथ तीस दिव्यांग साथी भी इस काम से जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सलमान ने सौ और दिव्यांगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने मुंबई की नेवी चिल्ड्रन्स स्कूल की बारह साल की काम्या कार्तिकेयन का जिक्र करते हुए कहा कि उसने दक्षिण अमरीका में माउंट एगोनकागुआ को फतेह कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की प्रधानमंत्री ने इसरो के युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का भी जिक्र किया इस कार्यक्रम में विद्यार्थी अपनी छट्टियों के दौरान इसरो के विभिन्न केन्द्रों में जाकर विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी हासिल करते हैं प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए बिहार के पूर्णिया की कहानी बताई जिसने सरकार की सहायता से शहतूत उत्पादन सहकारिता समूह बनाया समूह की महिलाओं ने कोकून से रेशम के धागे तैयार किए और फिर उन धागों से साड़ियां तैयार करना शुरू किया अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पत्नी मेलानिया ट्रम्प के साथ कल दो दिवसीय भारत यात्रा पर आयेंगे अमरीकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिये अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बडे क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प स्टेडियम में एक लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति में मंच साझा करेंगे अमरीकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान आगरा भी जायेंगे जहां उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीकी राष्ट्रपति के स्वागत में आगरा की सड़कों को भव्य तरीके से सजाया गया है दीवारों पर पेटिंग बनायी गयी हैं और शहर में हर ओर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प के होर्डिंग लगाये गये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश राष्ट्रपति ट्रम्प के स्वागत को लेकर उत्सुक है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिये यह सम्मान की बात है कि अमरीकी राष्ट्रपति कल भारत आयेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के सूर्यकृंड में आरोग्य मेले का उदघाटन किया और स्टालों का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने नौनिहालों को टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पोलियोरोधी दवा पिलायी और अन्नप्राशन कराया प्रदेश के चार हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस माह से प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है आरोग्य मेले में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविघाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है उन्होंने कहा कि आयष्मान कार्ड के जरिए हर साल पांच लाख रूपये तक उपचार निश्ल्क कराया जा सकता है उन्होंने सभी से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील भी की अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए न्यास के गठन के फैसले के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे श्री योगी फटिक शिला सुग्रीव किला और हनुमानगढी भी गए मुख्यमंत्री ने रामजन्ममुमि परिसर पहंचकर रामलला के दर्शन किये इस दौरान वे अयोध्या के संत प्रमुखों र्स भी मिले उनके साथ भाजपा सांसद लल्ल सिंह विधायक वेद प्रकाश ग्प्ता महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे